वहीं प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान आज भी जारी है

सात जिलों में कोई भी नया मामला नहीं भिला

मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में कल जयपुर में हुई राज्य स्तरीय सभिति की बैठक में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर निर्देश जारी किये गये बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों में योग से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम निबन्ध लेखन और योग गतिविधियां संचालित की जाएं

इसके बावजूद जिन संचालकों ने अभी तक कर जमा नहीं कराया है उनके वाहनों को सीज करने की कार्यवाही जल्द शुरू की जायेगी वित्त मंत्रालय ने बताया कि पिछले दो वर्ष से दो हजार रुपये के नोट नहीं छापे गए हैं

लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं भारत और इंग्लैण्ड के बीच तीसरा ट्वेंटी ट्वेंटी मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से शाम साढ़े छह बजे से सुना जा सकेगा पांच मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें एक एक से बराबरी पर हैं

गुजरात में हाल के दिनों में कोरोना के मामले बढ़ने के कारण यह फैसला किया गया है प्रदेश में आज अधिकांश स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई